श्री जावड़ेकर ने कहा कि शारीरिक दुरी के नियमों का पालन करते हये सिनेमा हॉल में आने वाले लोगों के लिए उचित द्री पर बछने की व्यवस्था की गई हण मास्क पहनना और सघ्रेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा इसके अलावा सिनेमा घरों का ऑडिटोरियम में हवा आने का प्रबंध करने के लिए कहा गया हण सिनेमा हॉल को उचित पंग से सक्रेटाइज करने के एि पर्याप्त समय दिया जायेगा और फिल्मों की स्क्रीनिंग अलग अलग समय पर होगी

श्री जावड़ेकर ने कहा कि भीड़ से बचने के लिए सिनेमा हॉल को स्निश्चित करना होगा कि दर्शकों के लिए कई टिक्ट खिलकियां रखी जाये उन्होंने सिनेमा घर के लिए टिक्ट ब्क करने के लिए जितना संभव हो सकें ऑनलाइन माध्यम को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया

पत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को फर्जी बताया ह और स्पष्ट किया ह कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया

उन्होंने कहा कि सरकार मोबाइल डिसपैंसर के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति करना चाहती ह ताकि उपभोक्ता अपनी स्विधा अनुसार घर दवार पर ईंधन प्राप्त कर सकें मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षो में भारत दुनिया का ऊर्जा की खपत वाला सबसे बड़ा देश बन जायेगा उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र मे भारत पहले ही आदर्श बन चुका हण उन्होंने कहा कि देश ग्रु आधारित आर्थिकता की ओर बढ़ रहा ह जो ने केवल साफ और सक्षम ईंधन ह बल्कि देश की आयात किये जाने कच्चे तेल पर भी निर्भरता कम करेगा हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा हथकि कांग्रेस कृषि कानूनों को लेकर किसानों को ग्मराह कर रहे है उन्होने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से किसानों को बिचौलियों से मुक्त किया गया है इसलिये बिचौलिये भी किसानों को बरगला रहे हा श्री दलाल आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह पता ह कि ये कानून किसान के हित में ह लेकिन वह इस लिए सड़कों पर उतरी हई ह क्योंकि उसे डर ह कि इन कानूनों से सरकार को लाभ और उन्हें न्कसान न हो श्री दलाल ने राहल गांधी से सवाल किया कि वे राजस्थान में जाकर किसानों का हाल क्यों नहीं देखते जहां उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा

इस अवसर पर विधायक ने कहा कि इस निर्माण कार्य के प्रा होने से स्थानीय लोगों को बड़ी सहलियत होगी

उनहोंने कहा कि मंडियों में फसल खरीद का कार्य स्चारू ांगसे चल रहा है